मतदान के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं पोलिंग पार्टियां भी आज मतदान स्थलों के लिए रवाना हुईं रवानगी से पहले पोलिंग पार्टियों को निर्वाचन सामग्री बांटी गई राजधानी देहरादून में मतदानकर्भियों के रवाना होने के दौरान रूट भी डायवर्ट किये गए वहीं निकाय चुनाव के चलते प्रदेश से लगी सभी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को सील कर दिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है साथ ही वैकल्पिक मागोँ पर भी आवागमन पूर्ण प्रतिबंधित किया गया है चम्पावत जिले में भारत नेपाल बार्डर को पूरी तरह सील किया गया है चंपावत के जिलाधिकारी एस एन पांडे ने बताया कि प्रदेश में अंतराष्ट्रीय सीमा का एकमात्र पारगमन केंद्र बनबसा सहित सभी वैकिल्पक रास्तों पर आवागमन आज शाम सात बजे से कल शाम पांच बजे तक के लिए बंद कर दिया जाएगा इस दौरान बार्डर चैक पोस्ट पर कड़ी सुरक्षा रहेगी

सबसे ज्यादा मतदाता देहरादून में हैं

वहीं रुद्रप्रयाग में सबसे कम मतदाता हैं

उधमसिंहनगर जिले में सबसे ज्यादा अतिसंवेदनशील मतदान केंद्र और स्थल हैं

उघमसिंहनगर जिले में ही सबसे ज्यादा वॉर्ड हैं

राज्य निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट ने कहा कि चुनाव के लिए तैयारियां पूरी केर ली गई है राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि मेयर सभासदों नगर पालिका अध्यक्ष और पार्शदों के लिए अलग अलग रंग के मतपत्रों का इस्तेमाल किया जाएगा

उन्होंने लोगों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने और लोकतंत्र की ताकत बढ़ाने की अपील की मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी लोगों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की दलों की तैयारी राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार अगले वर्ष होने वाले लोकसभा से पहले हो रहे निकाय चुनाव राजनीतिक दलों के लिए सांख का सवाल बन गए है लिहाजा प्रचार में प्रत्याशियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है जनसभाएं रैलियां घोषणा पत्रों के जरिए मतदाताओं से वोट की अपील की गई वहीं स्टार प्रचारकों ने भी जगह जगह अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगे निकाय चुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाली भाजपा निकाय चुनाव को भी गंभीरता से ले रही है वहीं कांग्रेस अपना खोया जनाधार वापस पाना चाहती है इनके अलावा उत्तराखंड क्रांति दल आम आदमी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भी मजबूती से चुनावी मैदान में डटे हुए हैं वहीं कहीं कहीं निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी समीकरण को प्रभावित कर रहे है इस बीच शुक्रवार शाम को प्रचार खत्म होने के बाद आज प्रत्याशियों और उनके समर्थकों ने घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क किया पुलिस तैयारियां निकाय चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने भी सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली है चुनाव के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाह और गड़बड़ी करने की आशंका के तहत कुछ लोगों को निरोधात्मक कार्रवाई के तहत पाबन्द किया गया है साथ ही अवैध शराब अवैध शस्त्र और मादक पदार्थों पर रोक लगा दी गई है

जिलों में जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों ने चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस कर्मियों को ब्रीफ करते हुए आव यक दि ा निर्दे ा जारी किए हैं

अंतरराज्जीय और अंतर जनपदीय सीमाओं पर चेकिंग बढ़ा दी गई है इससे पूर्व पुलिस ने जिलों में फ्लैग मार्च निकालकर पुलिस बल की मौजूदगी दर्ज कराई राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों और स्थलों की वीडियोग्राफी कराने के भी निर्दे ा दिए हैं इनमें संवेदन ील और अति संवेदन ील मतदान स्थलों पर खास नजर रखी जाएगी वहीं हरिद्वार की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रिद्दीमा अग्रवाल ने बताया कि चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन की तैयारी पूरी हो चुकी है चुनाव के दौरान लगातार चैकिंग की जाएगी ताकि कोई भी शरारती तत्व पोंलिंग स्टेशन तक ना पहुंच पाएं उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान किसी भी पोलिंग बूथ पर स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान में बाधा पहुंचाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी

मुख्य सर्चिव उत्पल कृमार सिंह ने प्रधानमंत्री कार्यालय के सचिव अरूण गोयल को र्य जानकारी दी वीडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव ने श्री गोयल को अवगत कराया कि चारधाम परियोजना सात पैकेजों में स्वीकृत है

उन्होंने बताया कि सात कार्यों में निविदा प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है और जल्द ही काम भी शुरू कर दिया जाएगा

साथ ही रिसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बना दी गई है और शेष मुआवजा भी शीघ्र पॉलिसी के तहत वितरित कर लिया जायेगा मुख्य सचिव ने काशीपुर सितारगंज सड़क परियोजना और चारधाम मार्ग कनेक्टिविटी सुधारीकरण परियोजना टिहरी पम्प स्टोरेज प्लांट फोर लेन छुटमलपुर गणेशपुर और रूड़की छ्टमलपुर सहारनपुर यमुनानगर सड़क परियोजना के अधीन राज्य स्तर पर होने वाली कार्यवाही की भी जानकारी दी मौसम प्रदेश में मौसम धीरे धीरे सर्द होता जा रहा है प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य के विभिन्न हिस्सों में दिन के समय गुनगुनी धूप खिल रही है जबकि सुबह और शाम ठंड में इजाफा हो रहा है वहीं पहाड़ी जनपदों के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड पड़ रही है और मैदानी इलाकों में कोहरा छाने लगा है